मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड को लेकर जारी किया अलर्ट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह ग्यारह बजे देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की साठवीं कड़ी होगी मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर तथा एआईआर न्यूज वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप पर प्रसारित होगा यह आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है मई दो हजार सोलह के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनधन योजना आधार और जनधन आधार मोबाइल के लाभ का उल्लेख किया था उन्होंने कहा था कि इन तीनों के माध्यम से देश नकद रहित व्यवस्था की ओर बढ़ सकता है

इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था के द्वारा हम रुपये पा भी सकते हैं रुपये दे भी सकते हैं चीज खरीद भी सकते है बिल चुक्ता भी कर सकते हैं और इससे जेब में से कभी बदुए की चोरी होने का तो सवाल ही नहीं उठेगा हिसाब रखने की भी चिन्ता नहीं रहेगी ऑटोमैटिक हिसाब रहेगा शुरूआत थोड़ी कठिन लगेगी लेकिन एक बार आदत लगेगी तो यह व्यवस्था सरल हो जाएगी प्रदेश में कड़ाके की ठंड के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश में अत्यधिक ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है सात से दस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवा के चलते पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है शीतलहर चलने के कारण सुबह और शाम के समय सड़कों पर चहल पहल कम हो गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले दो से तीन दिनों में तापमान में और गिरावट होने का पूर्वानुमान है वहीं एक और दो जनवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है गया और पटना में आज कोल्ड डे की स्थिति रही गया प्रदेश का आज सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान तीन दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं सबौर और डिहरी का तापमान चार डिग्री जबकि पटना का न्यूनतम तापमान चार दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया आपदा प्रबंधन विभाग ने विभिन्न जिलों में प्रशासन को प्रमुख चौक चौराहों और आश्रय गृहों में अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को ठंड से बचाव के लिये आवश्यक कदम उठाने और शीतलहर से बचाव के कार्यों की जानकारी प्रतिदिन मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया है इस बीच कोहरे के कारण रेल और विमानों का परिचालन प्रभावित हो रहा है कई ट्रेनें छह से आठ घंटे विलंब से चल रही हैं उधर दर्जनों विमानों ने भी विलंब से उड़ान भरी इधर मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न अंचलों में अलाव की व्यवस्था के लिए डेढ़ लाख रूपये की राशि आवंटित की गयी है वहीं प्रदेश में जिला प्रशासन के अलावा विभिन्न स्वयं सेवी संगठन के लोग गरीबों रिक्शा चालकों दैनिक मजदूरों के बीच ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरण कर रहे हैं सिखों के पहले गुरू गुरुनानक देव जी महाराज का पांच सौ पचासवां प्रकाश पर्व नालंदा जिले के राजगीर में चल रहा है प्रकाश पर्व को लेकर प्रे राजगीर में भव्य सजावट की गयी है पूरा राजगीर इन दिनों जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल से गुंजायमान है हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रकाश पर्व में देश विदेश से आये बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं

जिसमें गुरू की शिक्षा और उपदेशों के बारे में श्रद्वालुओं को बताया जा रहा है आज राजगीर में नगर कीर्तन के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गयी इस दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश कर श्रद्वालुओं का स्वागत किया गया ब्रिटेन से आये तीन सौ श्रद्वालु लंगर में अपनी सेवाए दे रहे हैं वहीं पवित्र गुरूनानक शीतलकुंड के दर्शन और जल लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्दालु यहां पहुंच रहे हैं आकाशवाणी समाचार के लिए राजगीर से निरंजन कुमार इधर सिखों के दसवें गुरू गुरूगोविंद सिंह जी महाराज के तीन सौ तिरपनवें प्रकाशोत्सव में भाग लेने के लिये देश विदेश से सिख श्रद्दालुओं के आने का सिलसिला जारी है मुख्य आयोजन पटना साहिब स्थित तख्तश्री हरिमंदिर साहिब में किया जा रहा है यहां श्रद्धालुओं के लिये कंगनघाट में टेंट सिटी का निर्माण किया गया है मुख्य समारोह इकतीस दिसंबर से दो जनवरी तक आयोजित होगा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करने वालों से आग्रह किया है कि वे शैक्षणिक संस्थानों को राजनीति का गढ़ न बनने दें श्री निशंक ने कहा कि यह कानून समय की मांग के अनुरूप और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भोपाल में अटल स्मृति व्याख्यान में मानव संसाधन विकास मंत्री ने यह बात कही नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में प्रदेश में जगह जगह धन्यवाद मार्च और पद यात्राएं आयोजित की जा रही है आम लोगों को इस कानून के बारे में जागरूक करने के लिए आज पटना में भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वावधान में एक सेमिनार का आयोजन किया गया कार्यक्रम को संबोधित करते हुये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि यह कानून किसी की भी नागरिकता छीनने की नहीं बल्कि नागरिकता देने की बात करता है उन्होंने कहा कि शरणार्थी के तौर पर रह रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों को मानवीय आधार पर देश की नागरिकता प्रदान की जा रही है इधर मुजफ्फरपुर और पूर्वी चम्पारण जिले के ढाका में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गयी तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुये भाजपा के वरिष्ठ नेता और पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून देश की वसुधैव कुटुम्बकम की परंपरा के तहत लाया गया है अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम वर्षान्त समीक्षा दो हजार उन्नीस रक्षा मंत्रालय के लिए यह वर्ष महत्वपूर्ण उपलब्धियों वाला रहा उच्च रक्षा प्रबंधन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकार ने चीफ आफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाने का निर्णय लिया यह पद फोर स्टार जनरल के स्तर का होगा जिसे सेना प्रमुख के बराबर ही वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष पच्चीस फरवरी को इंडिया गेट पर आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक देश को समर्पित किया था

इस कार्रवाई में बहुत बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों प्रशिक्षकों और वरिष्ठ कमांडरों को खत्म कर दिया गया

भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय तब लिखा गया जब अक्तूबर में फ्रांस पहुंचे रक्षामंत्री राजनाथ सिहं की मौजूदगी में वायु सेना को राफेल लड़ाकू विमान सौंपा गया रक्षामंत्री ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के इरादे से संयुक्त राष्ट्र अमरीका फ्रांस रूस यक्रेन जापान और दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न देशों का दौरा किया इन यात्राओं के दौरान आतंकवाद समेत सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की गई

रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए हैं वषांत के लिए वी मोहन राव के साथ प्रतीक श्रीवास्तव आकाशवाणी समाचार पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को आज उनकी जयंती पर याद किया गया राजधानी पटना के कंकड़बाग स्थित पार्क में उनकी प्रतिमा का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकार्पण किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय जेटली की जयंती प्रदेश में हर वर्ष राजकीय समारोह के रूप में मनायी जायेगी इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल स्वर्गीय अरूण जेटली के परिजन समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे गौरतलब है कि इस वर्ष चौबीस अगस्त को अरूण जेटली का निधन हो गया था वैशाली जिले के हाजीपुर के सिनेमा रोड पर कांग्रेस नेता राकेश कुमार यादव की मोटरसाईकल सवार दो अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी इस घटना से आक्रोशित लोगों ने जगह जगह सड़कों पर टायर जलाकर यातायात को बाधित किया समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना के शाहबाजपुर गांव में आक्रोशित ग्रामीणों ने कथित शराब के नशे में धुत होकर अवैध वसूली करने आए पुलिस के जवान को बंधक बना लिया ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिसकर्मी लोगों को धमका कर अवैध वसूली करता था

मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड को लेकर जारी किया अलर्ट